मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित हुआ जहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने जोर देकर कहा है कि भारत सभी समूहों समुदायो धर्मो पहचानों और व्यक्तियों का है क्योंकि बहुलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत और विष्व के लिए उदाहरण है उन्होंने कहा कि भारतीय मॉडल विविधता लोकतंत्र और विकास पर आधारित है और देश किसी एक को द्रसरे से अधिक महत्व नही दे सकता है क्योंकि हमें इन तीनों की आवश्यकता है राष्ट्रपति ने सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हाल में किये गये संवैधानिक संशोधन को महात्मा गांधी और लोगो के सपनों के भारत की ओर बढ़ने का एक कदम बताया है अगले आम चुनाव के महत्व पर राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रयोग नही है बल्कि समझदारी और कर्म के लिए सामुहिक आह्वान है यह साझा और समतावादी समाज के लक्ष्य और आशा के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करता है

उन्होंने कहा कि चुनाव भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा विकसित देश के निर्माण की ओर बढ़ने के रास्ते में मील का पत्थर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाए दी है

मुख्य समारोह ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया था राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर लोगो को संबोधित करते हुए डॉ मिश्रा ने कहा कि पिछले उनहत्तर सालो में देश ने आंतरिक तथा बाहरिक दोनो रुपो से कई चुनौतियों का सामना किया है लेकिन एक राष्ट्र के रुप में हमेसा मजबूत होकर और उभरा है और लोकतांत्रिक संस्थानो एवं मूल्यों को मजबूत किया है उन्होंने कहा कि भारत आज प्रमुख विज्ञान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्ट अप के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रुप में उभरा है डॉ मिश्रा ने कहा कि अरुणाचल सरकार ने राज्य की चहुँमुखी विकास प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत की है अपने संबोधन में राज्यपाल ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं संपर्क से जुड़ी राज्य सरकार की कई फ्लैक्शीफ योजनाओ के बारे में बताया और कहा कि लोगो पर केंद्रित इन योजनाओ ने लोगो को एक बेहतर और सम्मानजनक मुकाम हासिल करने में मदद की है